इसके साथ ही देश की अट्ठारह वर्ष से आयु की निन्यानबे प्रतिशत जनसंख्या इसके दायरे में आ गई है एक फेसबुक पोस्ट में श्री जेटली ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च तक आधार के इस्तेमाल से नम्बे हजार करोड़ रूपये की बचत हई और कई फर्जी लाभार्थियों का नाम हटा दिया गया वित्त मंत्री ने कहा कि आधार एक गेम चेंजर है और यूपीए सरकार अपने विरोधाभासों और निर्णय न ले पाने में असमर्थता के कारण आधार के बारे में सशंकित रही उन्होंने कहा कि इसका श्रेय लेने की बजाय कांग्रेस के वकीलों ने इसे प्रौद्योगिकी विरोधी और आधार विरोधी बनकर अदालत में चुनौती दी वित्तमंत्री जेटली ने कहा कि निर्णायक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे संभव बनाया और एनडीए सरकार ने यूपीए कानून की नए सिरे से जांच की और इसे पूरी तरह बदल दिया

एक समाचार पोर्टल ने हाल ही में एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि पत्र सूचना कार्यालय ने पिछले महीने एक टेंडर जारी किया है जिसमें प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर खबरों के संग्रह विश्लेषण और फीडबैक के लिए निजी एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं अपने ट्वीटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट के जरिए सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समाचारों के संग्रह के लिए पहले भी इसी प्रकार के अनुबंध जारी किए गए थे

इनमें हमीरपुर की तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट आई ए एस अधिकारी बी चंद्रकला शामिल हैं इस मामले में दायर प्राथमिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी जांच के दायरे में हैं दो हजार बारह से दो हजार तेरह के दौरान खनन मंत्रालय का प्रभार उनके पास था सीबीआई खनन मंत्रालय में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति से भी पूछताछ कर सकती है एफआईआर के अनुसार दो हजार बारह से दो हजार सोलह के दौरान तत्कालीन खनन मंत्रियों की भूमिका की भी जांच की जा सकती है

सरकार के मंत्री विभिन्न राज्यों में जाकर वहां के मुख्यमंत्रियों राज्यपालों और आम जनता को धार्मिक समागम कुंभ में षामिल होने के लिये निमंत्रण दे रहे हैं उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मेला परिसर में जाकर वहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया मुख्यमंत्री ने प्रयागराज की जनता से कुंभ के दौरान दुनिया के कोने कोने से आने वाले श्रद्वालुओं के स्वागत के लिये तैयार रहने को कहा उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर तीन अखाड़ों के धर्म ध्वजाओं को फहराया और उसके बाद विभिन्न अखाड़ा क्षेत्रों का भ्रमण कर साध् संतों से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने श्रद्वालुओं के लिये षहर में चलने वाली स्पेषल षटल बस सेवा का उद्घाटन भी किया यह बसें पार्किंग एरिया से लेकर मेला क्षेत्र के बीच चलेंगी

श्री योगी ने मेला क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के साथ ही सुरक्षा इंतजामों की भी समीक्षा की

राज्य के गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि इस योजना से जहां एक ओर किसानों एवं चीनी मिल समितियों की अतिदेयता समाप्त हो जायेगी वहीं दूसरी ओर गन्ना संघ की अवरूद्व धनराषि की वसूली भी हो सकेगी

प्रर्वी उत्तर प्रदेष के विभिन्न जिलों में आसमान में बादल छा गये हैं और पष्विमी उत्तर प्रदेष के कई जिलों में ब्रंदाबांदी हो रही है कृछ स्थानों पर ओलावृश्टि की भी खबर है गोण्डा जिले में दोपहर बाद आसमान में बादल छा गये और गरज चमक के साथ बारिष षुरू हो गयी वहां आकाषीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया लखीमपुर खीरी में बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गयी है जिसके कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है सम्भल और सीतापुर जिले में भी तेज हवाओं के साथ ब्रंदाबांदी होने की खबर है पीलीभीत में बूंदाबांदी के साथ ओलावृश्टि भी हयी है मौसम विभाग ने आने वाले चौबीस घंटों में पष्चिमी उत्तर प्रदेष के विभिन्न जिलों में हल्की बारिष होने का अनुमान जताया है और प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी है